जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के आज तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेश ठाकुर द्वारा खडडों के तटीकरण संबंधी सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा पौंग और ब्यास नदी के किनारे की जमीन को बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से इसकी सहायक नदियों के तटीकरण को लेकर नए सिरे से डीपीआर तैयार की जाएगी

मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश में विनियोग विधेयक को पेश किया और चर्चा के बाद इसे पारित किया गया इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अनुपूरक बजट को चर्चा के लिए सदन में रखने पर कहा कि सरकार अनुपूरक बजट का आकार लगातार बढ़ा रही है उन्होंने कहा कि सरकार का वित्त प्रबंधन चरमरा गया है और सरकार में फिजूलखर्ची बढ़ गई है धन्यवाद प्रस्ताव बजट सत्र के दौरान आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण को महज एक राजनीतिक दस्तावेज करार दिया इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री और जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी नोक झोंक भी हुई अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को विदेशों से वित्तपोषित होने वाली योजनाओं से एक भी पैसा नहीं मिला है यही हालत जलजीवन मिशन के तहत केंद्र से मिलने वाली धनराशी को लेकर भी है उन्होंने ये भी कहा कि अफसरशाही प्रदेश सरकार को गंभीरता से नहीं ले रही है उन्होंने आबकारी नीति के तहत प्रदेश में रात दो बजे तक शराब के ठेके और बार खुले रखने पर भी आपत्ति जताई अग्निहोत्री ने फर्जी डिग्री का मामला भी उठाया और कहा कि शिक्षा मंत्री इस मामले में फर्जी डिग्रियां बेचने वालों को संरक्षण दे रहे हैं

जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं महेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का सदन में ही जवाब दिया जाएगा नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्र की योजनाओं को सुनियोजित ढंग से लागू करने पर प्रदेश सरकार की सराहना की है वे आज सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार हिमाचल पहुंचे उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आहवान भी किया नड्डा ने कहा कि भाजपा ही एक मात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें वंशवाद व परिवार वाद नहीं चलता इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है पूर्व मुख्यमंत्री शांताकुमार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सांसद सुरेश कश्यप और मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता समारोह में मौजूद रहे